यह फैसला आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया मंत्रिपरिषद ने ललितप्र जिले की पाली तहसील के तेईस गांवों को सदर तहसील में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है इन गांवों के रहने वालों को पाली तहसील मुख्यालय जाने के लिए प्राकृतिक अवरोघों की वजह से बहुत दूर जाना पड़ता था जबकि इन गांवों के निवासियों को सदर तहसील जाने के लिए आवागमन के साधनों की सहज उपलब्धता है और उनके लिए सदर तहसील पहंचना भी आसान है बैठक में गोरखपुर ज़िले में बंद पड़ी धूरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की पचास एकड़ भूमि बायोमास आधारित एथनॉल प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन को तीस वर्ष की लीज़ पर स्थानान्तरित करने का फैसला किया गया है राज्य में गन्ने की अच्छी पैदावार के मद्देनज़र गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने और लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने व रोज़गार सृजन के लिए नई खांडसारी लाइसेंसिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है यह नीति पहली अप्रैल दो हज़ार अट्ठारह से प्रभावी मानी जायेगी नीति के तहत गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त रहेंगी काबीना ने एटा देवरिया सिद्दार्थनगर फ़तेहपुर ग़ाज़ीपुर हरदोई और प्रतापगढ़ ज़िलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की प्रायोजना के लिए खर्च प्रस्ताव अनुमोदित करने के साथ साथ आंतरिक फर्निशिंग कार्यो में उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल किये जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पैदा करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत भारतीय गोवंश की गाय के दूध की सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को नन्दबाबा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार केवल नाम बदलकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह काम कर रही है उधर इस विरोध के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विरोध करने वालों को अपने इतिहास और परम्परा की जानकारी नही है हमारी सरकार ने जनभावना को देखते हुये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिमालय से निकरे वाली पवित्र नदियों के किनारे कई प्रयाग हैं लेकिन इलाहाबाद प्रयागों का राजा है इसलिये इसका नाम प्रयागराज रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी नेदभाव के समी को मिलनी चाहिए उन्होंने यह बात कल लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आय्र्विज्ञान संस्थान में आध्निक विकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित पांच सौ पचास दिस्तरों के विस्तार कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना है कि सभी मण्डलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो इसके बाद हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और दो जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाये

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वाहन खरीदते समय दीर्घकालिक अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सीपीए स्वैच्छिक है और बीमा कम्पनियां एक वर्ष या पांच वर्ष के सीपीए का अनिवार्य रूप से विकल्प देंगी

नियामक के इस स्पष्टीकरण से नई गाड़ियां ख़रीदने वालों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अभी बीमा कम्पनियां ख़रीदारों को पांच वर्षीय सीपीए की ही पेशकश कर रही हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की नौ सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ज़रिये आम नागरिकों को मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव संध्या तिवारी ने लखनऊ में बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है यह सेवाएं मूल प्रमाण पत्र डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मूल अंकपत्र ड्स्लीकेट अंकपत्र संशोधित प्रमाण पत्र संशोधित अंकपत्र निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण रोके गये परीक्षाफल का निस्तारण अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को दुरूस्त करने से संबंधित हैं